बैठक में हिमाचल के पांच शहरों में मीटर टैक्सी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया

बैठक में कांगड़ा जिला के गम्गल में साफटवेयर टैक्नोलोजी पार्क खोलने को मंजूरी दी गई

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्यों के पद भरने के लिए डीपीसी में एकमुश्त छूट देने को भी मंजूरी प्रदान की

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विघानसभा के मानसून सत्र से जुड़ी खबरों को संचित्र प्रकाशित किया है दैनिक जागरण का शीर्षक है युवा कांग्रेस प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज सदन में हंगामा दिव्य हिमाचल लिखता है विपक्ष का दो बार वाकआउट यूवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं पर लाठीचार्ज के साथ कानून व्यवस्था के मुददे पर सदन में जोरदार हंगामा आपका फैसला ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर के हवाले से लिखा है पहले से ही तय था विपक्ष का हंगामा पंजाब केसरी के अनुसार विधानसभा के बाहर युवा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं व पुलिस में झड़प करना पड़ा लाठीचार्ज दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है पुलिस युवा कांग्रेस में टकराव पत्थरबाजी में कई घायल दैनिक न्याय सेतु के शब्द हैं शिमला में युकां का प्रदर्शन पुलिस और कार्यकर्त्ताओं के बीच झड़प प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरें मी अखबारों में पहले पन्ने पर जगह लिए हुए हैं अमर उजाला की सुर्खी है स्कूल और कालेजों के लिए सरकार बनाएगी राज्य योजना

दैनिक भास्कर के शब्द हैं शिमला समेत पांच शहरों में मीटर टैक्सी चलेंगी दैनिक जागरण लिखता है वटसऐप और फेसबुक जैसी कंपनियां भी आएगी गग्गल

दैनिक न्याय सेतु के शब्द हैं बारिश के कहर के चलते तीन जिलों के स्कूल रहे बंद

जकार्ता से चांदी जीत लाईं हिमाचली बेटियां शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर को बॉक्स में प्रकाशित किया है शिमला जिला के ननखड़ी क्षेत्र में हुई वाहन दुर्घटना से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए हैं

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय विपक्षी भूमिका की नई अग्नि में लिखता है कि लोकतंत्र में समाज की रखवाली और जागरूकता को प्रतिबिम्बित करते इरादे यदि वास्तविक प्रतिनिधित्व है तो यह विपक्ष की भूमिका का वास्तविक अंगीकार होगा दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय शाबाश बेटियों में लिखा है कि एशियाई खेलों में महिला कबडडी टीम ने रजत पदक जीतकर देश तथा प्रदेश को गौरवान्वित किया है इससे साबित होता है कि प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है बस जरूरत हैं उन्हें पहचानने और तराशने की